राजभवन में पारंपरिक तरीके से मनाया गया फूलदेई पर्वराज्यपाल ने कहा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है फूलदेई का पर्व स्लग सौजन्या बैठक मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया को लेकर पांचों लोक सभा सीटों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की देहराद्न में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव आयोग की गाइड लाईन का पूरा अध्ययन करने के निर्देश दिये

एक प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन पत्र भर सकता है प्रत्याशियों को अपना अलग बैंक एकाउण्ट खोलना होगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि नामांकन की वीडियो ग्राफी की जायेगी प्रत्येक दिन होने वाले नामांकनों को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन के लिए स्थान का चयन बैरिकेडिंग और नामांकन संबंधी सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिये हैं स्लग पुलिस महानिदेशक पुलिस मेहानिदेशक अनिल रतूड़ी ने कहा है कि पुलिस ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली है

इसके अलावा दूसरे प्रदेशों से भी होमगार्ड की डिमांड की गई है केंद्रीय बलों के अलावा उत्तर प्रदेश और हिमाचल से जल्द होमगार्ड भी मिल जाएंगे पुलिस महानिदेशक ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के लिए पुलिस मुस्तैदी से काम करेगी इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिकारी से समन्वय के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है

लोकसभा प्रभारी थावर चंद गहलोत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने बैठक में विधायकों को लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण टिप्स दिए विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों से कहा गया कि वह पार्टी फंड में अपने वेतन से अपनी इच्छा अनुसार एक राशि चैक के माध्यम से जमा करें

बैठक में विधायकों को निर्देश दिये गये कि वे बड़ी और छोटी जनसभाओं वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर पार्टी संगठन को अवगत कराएं विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से रू ब रू हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह तैयार है विधायक दल की बैठक में शामिल होने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने पत्रकारों को बताया कि पार्टी पंरपरागत ढंग से चुनाव को लेकर विधायक दल की बैठक में अहम निर्णय लेती है

जहां भाजपा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बयानों की आलोचना कर रही है वहीं कांग्रेस भी भाजपा को कठघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है दोनों ही दल लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि भाजपा को कांग्रेस पर सवाल खडा करने का कोई अधिकार नहीं है उन्होंने कहा कि इस देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी उन्होंने पांचों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा भी किया स्लग मौसम प्रदेश में कल से चल रहा धूप छांव का खेल आज भी जारी रहा राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाये रहे कुछ जगह हल्की बारिश और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है बर्फीली हवाओं से लोग परेशान रहे

बसंत के आगमन पर मनाये जाने वाले इस पर्व को लेकर खासकर बच्चों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है आज राजभवन में भी फूलदेई की छटा देखने को मिली बच्चों ने राजभवन की देहरी पर फूल बिखेरे छोटी छोटी डलियों में फूल भरकर लायी बच्चियों ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को फूलदेई की शुभकामनाएं दी राज्यपाल ने बच्चों का स्वागत किया और उन्हें अनाज दिया इस मौके पर उन्होंने कहा कि फूलदेई का त्योहार पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है यह त्योहार जीवन और प्रकृति के बीच की निकटता को दर्शाता है राज्यपाल ने कहा कि बच्चों को अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं से अवगत कराया जाना चाहिए स्लग चुनाव तैयारी हरिद्वार आदर्श आचार संहिता लगने के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है जिलाधिकारी दीपक रावत ने आम लोगों और मीडिया से पारदर्शी तरीके से चुनाव सम्पन्न कराने और अचार संहिता का पालन करने में सहयोग करने की अपील की है

उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी

वहीं हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूड़ी ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं

साथ ही शस्त्र जमा करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है

जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरू ने स्वीप नोडल समन्वयक अधिकारियों के साथ बैठक की जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव में आम मतदाता की सहभागिता अधिक से अधिक हो इसके लिए स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम चलायें जाएं जिसके जरिए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा सके उन्होंने आम बैठकों के जरिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिये जिसमें आशा आंगनबाड़ी कार्यकत्री ग्राम विकास अधिकारी ए एन एम और बीएलओ की उपस्थिति जरूर हो बैठक में प्रत्येक गांव के लिए एक रूटचार्ट तैयार करने मतदाताओं को शपथ पत्र भरवाने ग्राम सभाओं में नुक्कड़ नाटक का आयोजन करने के साथ ही डिजिटल रथ के जरिए भी मतदाताओं को जागरूक करने के ॅनिर्देश दिये गए स्लग शराब तस्कर गिरफ्तार लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चमोली के पुलिस अधीक्षक यशंवत सिंह चौहान के निर्देश पर जिले में अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरुद्व सघन चौकिंग अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत बुधवार को एस ओ जी चमोली कोतवाली कर्णप्रयाग पुलिस ने बुधवार को नौटी बैंड कर्णप्रयाग में चौंकिग के दौरान दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके वाहन को सीज कर दिया थराली में भी फ्लाइंग स्क वॉड टीम ने चौकिंग के दौरान शराब की बोतलों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है इसके अलावा जोशीमठ थाना क्षेत्र के तहत पुलिस की छापेमारी में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है

यह दिन हर वर्ष मार्च के दूसरे ब्रहस्तिवार को मनाया जाता है इसका उद्देश्य गुर्दे के महत्व और गुर्दे की बीमारियों को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है इस वर्ष के विश्व गुर्दा दिवस का विषय है सभी के लिए सभी जगह स्वस्थ गुर्दा इस अवसर पर देशभर में मधुमेह और उच्च रक्तचाप से गुर्दे को होने वाले खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर आर के यादव ने बताया कि गुर्दे की बीमारियों से बचाव के लिए मधुमेह को नियंत्रण में रखें और दर्द निवारक गोलियों का सेवन न करें उन्होंने बताया कि किडनी की बीमारी के लक्षण हैं पैरों में सुजन आ जाना वजन कम हो जाना भूख कम लगना उल्टी आने का मन करना ब्लाड प्रैशर कंट्रोल न होना खून न बढ़ना हिमोग्लोबिन कम रहना और ब्लड प्रैशर ज्यादा रहना